निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं के लिए किए जा रहे है कई नवाचार झालावाड़ जिले में बनाये जाएंगे पिंक पोलिंग बूथ

इंडोनेशिया के जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कल तीन स्वर्ण पदक जीते संदीप एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय जैवलिन थ्रोअर बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के तहत धौलपूर जिले के मनिया में जनसभा को संबोधित कर रहे है

मनिया के बाद श्री गांधी धौलप्र और भरतप्र जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे उसके बाद राहल गांधी कल जयपुर और बीकानेर में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और केन्द्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधानसभा चुनाव के मददेनजर आज सीकर पहंच गये है दोनो नेता पार्टी पदाधिकारियों सांसदों विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे राज्यभर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग मुस्तैदी से कार्य कर रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि इस दौरान बिना अनुमति के चुनावी सभाएं रैलियां प्रदर्शन प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा

इधर झालावाड़ जिले में निर्वाचन विभाग एक नवाचार करने जा रहा है जिले के चारो विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मतदान केंद्र पर पूरा मतदान दल महिलाओ का ही रहेगा हमारे संवाददात ने बताया कि इन केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी और अन्य कार्मिक भी महिलाए ही होगी

इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भागीरथ बिश्नोई ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने पर जोर दिया उन्होंने कहा सेक्टर अधिकारी आवश्यक रूप से अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रो का पूर्ण जायजा लेकर यह सुनिश्चित करे कि सभी व्यवस्थाए पूरी की जा चुकी हो

नियुक्त किये गये सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करेंगे

राज्य निर्वाचन आयोग ने चुरू जिले के छापर और राजगढ़ नगर पलिका के उप चुनाव का कार्यकम घोषित कर दिया है

हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिये पटवारी गिरदावरी प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिला कलक्टर दिनेश चन्द जैन ने बताया कि पटवारियों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने और काश्तकारों को मूंग की गिरदावरी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये है

अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में दुष्कर्म के बढ़ते झूंठे मामलों के प्रति पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस के अनुसार तिजारा थाना क्षेत्र में बढ़ रहे दुष्कर्म के झूंठे मुकदमों के द्वारा लोगों से रूपये लेकर राजीनामा करने की घटनाओं को रोकने तथा ऐसे लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्यवाही के लिये जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह ने दिशा निर्देश दिए

बांसवाडा जिले के सज्जनगढ़ में मोटरसाईकिल के अनियंत्रित होकर फिसलने से उस पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई भरतपुर के मेवात इलाके में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप फिंगर प्रिंटर मशीन सहित अन्य सामग्री बरामद की है

इंडोनेशिया के जकार्ता में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कल तीन स्वर्ण पदक जीते